और विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी के लिये बिहार टीम की घोषणा

प्रदेश में गंगा सोन पुनपुन कोसी गंडक बागमती और कमला बलान समेत अधिकांश नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण कई नये इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है गंगा नदी का जलस्तर पिछले चौबीस घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर बारह सेंटीमीटर तक बढ़ा है नदी के जलस्तर में बक्सर से लेकर भागलप्र तक बढ़ोतरी की प्रवृति बनी हुयी है पटना के गांधी घाट पर सुरक्षा बांध की दरार से पानी सड़क तक प्रवेश कर गया है वहीं दूसरी तरफ रिवर फ्रंट का बड़ा हिस्सा डूब गया है नौजर घाट से आगे भद्रघाट के बीच सड़क पर तीन फुट से अधिक पानी चढ़ चुका है सीताघाट जाने के सभी रास्ते बंद हो गये हैं पीर दमरिया घाट में गंगा का पानी बस्तियों में घुस चुका है इधर नदी के निचले इलाके में स्थित बिंद टोली में पानी के प्रवेश कर जाने से लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं दानापुर के छह पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वहीं फतुहा थाना परिसर में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है बक्सर के चौसा मोहनिया स्टेट हाई वे पर चार फुट तक पानी चढ़ गया है जिस कारण आवागमन पूरी तरह ठप्प है दूसरी तरफ भागलपुर कहलगांव राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अस्सी पर कटाव होने के कारण भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है मुंगेर जिले के बरियारपुर जमालपुर धरहरा और मंगेर सदर प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है मुंगेर शहरी क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर जाने से स्थिति गंभीर हो गयी है सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण भोजपुर जिले के बड़हरा और शाहपुर प्रखंड के कई गांव जलमग्न हो गये हैं बक्सर जिले के चौसा बक्सर सिमरी चक्की और ब्रह्मपुर प्रखंड की पांच लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है दूसरी तरफ गंडक नदी गोपालगंज के ड्मरिया घाट में लगातार खतरे के निशान के ऊपर बनी हयी है बागमती नदी का जलस्तर रून्नीसैदपुर और ढेंग ब्रिज में लाल निशान से ऊपर है इधर उत्तर बिहार में भी स्थिति गंभीर बनी हुयी है कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा कटिहार के कुर्सेला और सुपौल के बसुआ में लाल निशान के आसपास बना हुआ है वहीं कमला बलान नदी मध्रबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर में उफान पर है सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर के कटौंझा में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बाजपट्टी प्रखंड के भीखा गांव में मरहा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण डायवर्जन बह गया है वहीं बाढ़ के कारण धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुय राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग को हाई अलर्ट पर रखा है किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गयी है घाटों पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की भी तैनाती की गयी है उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का वर्ष दो हजार अठारह का प्रतिष्ठित भारत भारती प्रस्कार हिन्दी और मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण खां को दिया जायेगा पुरस्कार के तहत पांच लाख रूपये नकद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है डॉक्टर खां पदमश्री और साहित्य अकादमी प्रस्कार से भी सम्मानित हैं वहीं संस्थान द्वारा महात्मा गांधी साहित्य सम्मान के लिये भागलपुर के प्रोफेसर श्रीभगवान सिंह को और लोक भूषण सम्मान के लिये बिहार की ही जानी मानी साहित्यकार डॉक्टर शांति जैन को चुना गया है सम्मान के लिये चयनित होने पर डॉक्टर खां प्रोफेसर श्रीभगवान सिंह और डॉक्टर जैन ने प्रसन्नता जतायी है राज्य सरकार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सभी विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के सितंबर माह के वेतन का भूगतान एक अक्टूबर तक हरहाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिनका वेतन पहले से लंबित है उनका भुगतान भी जल्द से जल्द कराया जाय मंगोलिया के राष्ट्रपति खल्टमेजीन वाटुल्गा दो दिवसीय दौरे पर आज बोधगया आ रहे हैं उनके साथ सड़सठ सदस्यीय शिष्टमंडल भी है श्री वाटुल्गा शाम चार बजे गया हवाई अड्डा पहुंचेंगे इसके बाद उनका महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने सारण जिले के इसुआपुर थाना में पदस्थापित दारोगा अशोक कुमार सिंह को पांच हजार रूपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार दारोगा शिकायतकर्ता से एक केस में मदद करने के एवज में रिश्वत ले रहा था पटना में कल से एक बार फिर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जायेगा इसमें ऑटो रिक्शा और सिटी बसों की विशेष रूप से चेकिंग होगी परिवहन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शहर में पैंसठ जगहों पर चेकिंग प्वाइंट बनाये जायेंगे यातायात पुलिस को नियमों के उल्लंघन करने वालों का चालान करने के लिये अस्सी पीओएस मशीनें उपलब्ध करायी गयी हैं बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिये इस बार वोटर अपना नाम ऑनलाइन भी जुड़वा सकेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई मतदाता गलत सूचना देता है तो उस पर कार्रवाई की जायेगी बेतिया सामूहिक दुष्कर्म मामले में प्रयुक्त वाहन को पुलिस ने बरामद कर लिया है पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक जयंत कांत ने बताया कि वाहन के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है इधर इस मामले में फरार चल रहे आरोपी दीनानाथ कुमार की संपत्ति कुर्क करने के लिये पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है मुंगेर जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सदर ब्लॉक के पास अपराधियों ने स्थानीय विधायक विजय कुमार विजय की भतीजी सहित दो की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने प्रेम प्रसंग को हत्या का कारण बताया है पटना पुलिस ने मसौढ़ी थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीन गांव से मूर्ति चोरी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है उनके पास से करोड़ों रूपये मूल्य की गौरैया देवी की मूर्ति भी बरामद की गयी है सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलकाहा स्थित लखनदेई नदी में तीन किशोरियों की डूब कर मौत हो गयी पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जकारियापुर से पुलिस ने दस लाख रूपये मूल्य के नशीले पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विजय हजारे वन डे क्रिकेट टूर्नामेंट के लिये बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है आशुतोष अमन को कप्तान बनाया गया है जयपुर में आयोजित इस टूर्नामेंट में बिहार की टीम अपना पहला मैच पच्चीस सितंबर को रेलवे के खिलाफ खेलेगी पश्चिम बंगाल के कल्याणी में बाईस से सत्ताईस सितंबर तक आयोजित चौहत्तरवीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप फॉर संतोष ट्रॉफी ईस्ट जोन के लिये बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है टीम की कमान सलाउद्दीन मिदिया को सौंपी गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की घोषणा के बाद बाजार में आये उछाल से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है कंपनियों को भारी कर छूट से झूम उठा बाजार दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है सरकार का मिनी बजट कॉर्पोरेट टैक्स में ऐतिहासिक कटौती से देश में निवेशकों के लिये आकर्षक जमीन तैयार प्रभात खबर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन करने पर काम कर रहे हैं दैनिक भास्कर लिखता है छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में स्वामी चिन्मयानंद गिरफ्तार राष्ट्रीय सहारा ने जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है जदयू भाजपा में सब ठीक दो सौ से ज्यादा सीटें जीतेंगे आज की सूर्खी है अयोध्या भूमि विवाद मामले में सोमवार से एक घंटा अधिक होगी सुनवाई

और विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी के लिये बिहार टीम की घोषणा